हर की पौढ़ी पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की रस्म में श्री वाजपेयी के परिजनों के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे प्रदेश के तीन पवित्र सरोवरों में भी दिवंगत नेता की अस्थियां विसर्जित की जायेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने जयपूर में ये जानकारी दी

भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी के संयोजन में केरल के बाढ राहत पीढितों के सहयोग के लिए एक समिति का गठन किया गया है ये समिति जनता के बीच जाकर आर्थिक सहयोग और राहत सामग्री इकट्ठा करेगी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पत्रकारों को यह जानकारी दी

सम्मेलन के दूसरे दिन आज भाषा और संस्कृति से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है

सभी मतदान केन्द्रों पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नये नाम जोड़ने हटाने और संशोधन का काम किया गया

करौली धौलपुर चूरू भीलवाडा सवाईमाघोपुर टोंक और राजधानी जयपुर में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा का दौर जारी रहा

बांधों में भी पानी की आवक बढी है

कई सरकारी कामकाज अटल सेवा केन्द्र और ई मित्र कियोस्क के द्वारा होने से अब लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं पडती

तैराकी में श्री हरि नटराज सौ मीटर बैकस्ट्रोक के और साजन प्रकाश ने दो सौ मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है नौकायन में मलकीत सिंह और गूरिन्दर सिंह की जोड़ी ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है कबड़ी में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरूआत की है

बैडमिंटन में भारतीय पुरूष टीम ने अपने पहले मैच में मालदीव को हरा दिया है महिला हॉकी में भारत और इंडोनेशिया के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल राजधानी एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है